देवघर जिले में कोरोना के एक मरीज के मिलने के बाद दुमका जिले को किया गया हाई अलर्ट प्रषासन ने जिले की सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी

आज पृथ्वी दिवस है इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है टिवटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए

देवघर जिले में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद दुमका जिला प्रषासन और भी सतर्क हो गया है दुमका जिले को हाई अलर्ट कर दिया गया है और जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है दुमका की उपायुक्त राजेष्वरी बी और पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेष ने अन्य अधिकारियों के साथ जिले के तालझारी र्चक पोस्ट का निरीक्षण किया और सुरक्षा चक्र को पहले से ज्यादा मजबुत करने का निर्देष दिया उपायुक्त ने कहा कि दुमका जिले के सीमावर्ती प्रखण्डों के किसान धान और सब्जी बेचने देवघर जाते हैं इस कारण चौकसी बढ़ा दी गई है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों प्रीपेड मोबाइल रिजार्च केन्द्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है हजारीबाग जिले के बरही के करसों पुल के पास चेकिंग अभियान में ट्रक में छिपा कर चौवालीस श्रमिकों को बिहार ले जा रहे चालक योगेंद्र यादव को पुलिस ने जेल भेज दिया है डीएसपी मनीष कुमार व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि ट्रक से पकड़े गए चौवालीस श्रमिकों को चकुराटांड के उपकारा में बने क्वारेन्टीन सेंटर में रखा गया है

किसानों की परेशानी दूर करने के लिए भारत सरकार के प्रयास का गिरिडीह के किसानों ने सराहना की है

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरूआत की है प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं

भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में हिस्सा लेगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ इकतीस मई तक बढ़ाने को कहा है रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी में भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भुगतान में विलम्ब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए सरकार देश में दवा उर्वरक और संक्रमणरोधी रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय कर रही है रसायन और उर्वरक मंत्री डी बी सदानंद गौड़ा ने इस बारे में मंत्रालय के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया श्री गौड़ा ने ट्वीट कर बताया कि अधिकारियों से मंत्रालय के भीतर और अन्य विभागों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने को कहा गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की जा सके मंत्रालय ने कहा कि उर्वरक कंपनियां किसानों को खरीफ मौसम के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही हैं औषधि क्षेत्र भी पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित आवश्यक दवाओं के निर्माण का हर संभव उपाय कर रहा है कोरोना महामारी से निपटने में संतोषजनक प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज राज्य के सभी भाजपा विधायक और नेता एकदिवसीय उपवास पर हैं भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने कहा है कि राज्य सरकार इस वैष्यिक महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई हैं सरकार के प्रयास अपर्याप्त है इसके विरोध में पार्टी के विधायक और नेतागण एकदिवसीय उपवास पर हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेष जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है श्री क्लकर्णी ने बताया कि लोग पान मसाला खैनी जर्दा और ग्रटखा खाकर थ्रकते हैं जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढता है इस कारण सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्षणों के बारे में समुचित जानकारी हासिल करने के लिए लोगों से इस सर्वेक्षण में शामिल होने का अनुरोध किया है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसन विभाग के प्रमुख डॉ अनंत मोहन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवाएं बिना किसी डॉक्टर की सलीह के नहीं लेनी चाहिए

उन्होंने बैठक में लॉकडाउन के दौरान भारत में सभी कृषि कार्यो को दी गई छूट और अनिवार्य कृषि जिन्सों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी

इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका सहित खाद्य आपूर्ति मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करना था हजारीबाग जिले के इचाक में निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकार के प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी अब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक बच्चों को पाठ भेज रहे हैं और इसे डाउनलोड कर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं

वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए बोकारो जिले के लोग लंबे समय से घरों में रहने को विवश हैं विद्यार्थियों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के नुकसान की भरपाई करने के लिए जिला प्रशासन अनुकरणीय प्रयास कर रहा है टेल्स ऑफ हैप्पीनेस बोकारो के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से आईआईटी और इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया लॉक डाउन के कारण लंबे समय से स्कूल और इंस्टिट्यूट से विद्यार्थियों की दूरी बनी हई है ऐसे में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है

मुख्य परीक्षा में नौ सौ नब्बे अभ्यर्थी षामिल हुए थे

इस यूनिट से अस्पताल कर्मियों को बिना हाथ लगाए ही हाथ धोने की सुविधा मिल गई है

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया